और पहले चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार हुआ तेज

तेज आंधी वज्रपात और ओलावृष्टि के कारण कटिहार सीतामढ़ी सिवान और पश्चिम चंपारण में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि तेरह लोग घायल हो गये विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाता ने बताया कि देर रात चक्रवातीय हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है कई स्थानों पर पेड़ गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है आम और लीची की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है कटिहार जिले के बरारी थाना क्षेत्र के जोनिया दियारा और रौनिया गांव में ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दस लोग झुलस गए हैं वहीं सीतामढ़ी सिवान और पश्चिम चंपारण में एक एक व्यक्ति के मरने की खबर है इधर भोजपुर जिले में तेज आंधी पानी से खेतों में तैयार गेहूं और सरसो जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज और कल उत्तर और पूर्वी बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में साठ से सत्तर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है इसके साथ ही कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है आईएमडी पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अगले पांच दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा किसानों को सलाह दी गयी है कि अपनी कटी फसल खेतों से हटा लें निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर सभी चरणों के मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले आयोग की अनूमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं आयोग ने बताया कि विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति को त्रंत सतर्क और सक्रिय कर दिया गया है राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अखबारों को निर्देश जारी करने को कहा है पहले चरण के लिये चूनाव प्रचार तेज हो गया है एनडीए और महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुये हैं और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नवादा में लोजपा उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित करते हुये कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिये काम कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और शेखपुरा में लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि वे राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये एनडीए में दोबारा शामिल हुये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है उन्होंने एक बार फिर केंद्र में एनडीए सरकार बनाने की अपील की पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पटना में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता मे आयी तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये अलग से मतदाता सूची बनायी जायेगी राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सभी मिलकर लोकसभा चुनाव जीतेंगे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल ग्यारह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए इस चरण के लिए अब तक पच्चीस नामांकन भरे गये हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा चौथे चरण के लिए नौ अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं इस चरण में उनतीस अप्रैल को पांच निर्वाचन क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर के लिए मतदान होगा मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के पूलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खां ने लोकसभा चूनाव भयमुक्त निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रक्षेत्र के सभी दस जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि पूरे प्रक्षेत्र में एक सौ चौंसठ गैरलाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गये हैं जबकि सात सौ पचास कारतूस और छह बम बरामद किए गए हैं आईजी ने पूरे प्रक्षेत्र में चौकसी बढ़ाने और छापामारी अभियान तेज करने का भी निर्देश दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन और सामाजिक संगठनों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार प्रलिस अकादमी के महानिदेशक आलोक राज ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा उधर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ऑडियो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बावन हजार लोगों ने मतदान करने की शपथ ली वहीं आज दरभंगा जिले के लहेरियासराय से दरभंगा के बीच मतदाता जागरूकता के लिये साईकिल रैली का आयोजन किया गया है इस रैली में स्कूली छात्र छात्राएँ शामिल हो रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है इस वर्ष अस्सी दशमलव सात तीन प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये हैं जो पिछले साल की तुलना में ग्यारह दशमलव आठ चार प्रतिशत अधिक है सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र सावन राज भारती ने संतानवे दशमलव दो प्रतिशत अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान हासिल किया है अठारह टॉपरों में सोलह सिमूलतला आवासीय विद्यालय के छात्र हैं मैट्रिक की परीक्षा में दो लाख नब्बे हजार छह सौ छियासठ छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हये जबकि पांच लाख छप्पन हजार एक सौ इकतीस छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये वही तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या चार लाख चौवन हजार चार सौ पचास है परीक्षा में सोलह लाख साठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुये थे प्रदेश में अब वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किया जायेगा फिलहाल पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक सेंटर पर इसकी शुरूआत हुयी है शब ए बारात का त्योहार बीस अप्रैल को मनाया जायेगा पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत ए शरिया बिहार झारखण्ड ओडिशा के मुख्य काजी अब्दुल जलील कासमी और खानकाह मुजिबिया के प्रबंधक सैयद शाह मिनहाज उद्दीन ने बताया कि शनिवार को देश के कई हिस्सों में शाबान का चांद देखा गया इसके अनुसार आज शाबान महीने की पहली तारीख है गोवाहाटी में खेली जा रही राष्ट्रीय कराटे चैपियनशिप के कैंडेट जूनियर वर्ग में टीपीएस कॉलेज पटना की छात्रा अनन्या आनंद ने स्वर्ण पदक जीता है इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अनन्या मलेशिया में होने वाली एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिये चयनित हो गयी हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मैट्रिक के परीक्षा परिणाम को अपनी सुर्खी बनाया है इसके साथ ही परीक्षा में अव्वल आये छात्रों की तस्वीर और अर्जित अंक को भी प्रमुखता से छापा है हिन्दुस्तान का शीर्षक है किसान मजदूर के बेटे बने टॉपर दैनिक जागरण ने लिखा है मैट्रिक रिजल्ट पर सिमुलतला का राज प्रभात खबर की सुर्खी है अठारह टॉपरों में सोलह सिमुलतला स्कूल के हिन्दुस्तान ने पश्चिम चंपारण में सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है प्रभात खबर ने शत्रुघ्न सिन्हा के दल बदलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है भाजपा के शत्र् कांग्रेस में शामिल पटना साहिब से मिला टिकट दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हटाना चाहती है भारतीय सेना का रक्षा कवच इसी अखबार ने सोनिया गांधी के बयान को भी जगह दी है

और पहले चरण के मतदान के लिये चूनाव प्रचार हुआ तेज